मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस टुकड़ी से सलामी ली

उन्होंने प्रदेश के लोगों से मिल रहे सहयोग से उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश शीघ्र ही पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त होगा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज नगर निगम महापौर सत्या कौंडल मुख्य सचिव अनिल खाची उपायुक्त अमित कश्यप और पुलिस महानिदेशक एस आर मरड़ी भी इस मौके मौजूद रहे उधर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हिमाचल दिवस पर राजभवन में तिरंगा फहराया उन्होंने लोगों के सुखद व सफल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि प्रदेश हमेशा विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को गृह मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं वे आज शिमला में उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि तबलीगी जमात के सभी प्राथमिक और दूसरे अन्य सम्पर्को की पहचान व परीक्षण किया जाए और इस संबंध में कोई भी लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और लोग घरों में बने मास्क का उपयोग भी कर सकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर थ्रकना भी अब अपराध बना दिया गया है और इसकी उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी फसल काटने की अनुमति दी जाएगी और किसानों व बागवानों की सुविधा के लिए कृषि संबंधी सामग्री बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी जाएगी जयराम ठाकुर ने कहा कि अंतर ज़िला और ज़िला के भीतर सरकार की अनुमति के अलावा वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा और कोरोना वायरस के हाटस्पाट को सील किया जाएगा और इन क्षेत्रों के कफ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी व मुनाफाखोरी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है मुख्यमंत्री ने लोगों से घबराहट में खरीददारी और अनावश्यक भंडारण न करने का भी आग्रह किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अध्यापक महत्वपूर्ण विषयों पर वाट्सएप ग्रुप में विद्यार्थियों को प्रतिदिन पाठ्यक्रम वीडियो और होमवर्क भेंजेगे इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा टीवी व रेडियो के माध्यम से भी राज्य के सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई सामग्री उपलब्ध करवाने की योजना बनाई जा रही है

मंडी जिले के सुंदरनगर की रहने वाली व चंबा मैडिकल कॉलेज में स्टॉफ नर्स के पद पर कार्यरत पूजा ने अपनी आज होने वाली शादी स्थगित कर ऐसी ही अभूतपूर्व देशसेवा का परिचय दिया है पूजा अपनी शादी भूलकर चंबा में मरीजों का उपचार कर रही है बेटी के इस निर्णय को परिजनों ने भी स्वीकार किया है

केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रैस विज्ञप्ति मे ये जानकारी दी है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों मजदूरों किसानों विधवाओं व दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है

लॉकडाउन देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद केंद्र सरकार गरीबों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है इन योजनाओं से प्रदेश में भी अनेक लोगों को लाभ मिला है प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मंडी शहर के पड़डल की रहने वाली अंजू को लॉकडाउन के बावजूद मुफ्त गैस सिलेंडर मिला है हमारे मंडी ज़िला संवाददाता मुनीश सूद से बातचीत में अंजू ने कहा कि उनके खाते में पहले ही गैस सिलेंडर की राशि आ चुकी हैं जिससे वे बेहद खुश हैं

ऊना से जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मचारी राशन व अन्य आवश्यक सामग्री के वितरण में बढ़चढ़ कर कार्य कर रहे हैं

डीसी लाहौल लाहौल स्पीति के उपायुक्त केके सरोच ने कहा है कि मनाली रोहतांग सड़क बसों की आवाजाही के लिए अनुकूल नहीं है और बीआरओ द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने पर ही इसे बहाल किया जाएगा उन्होंने बताया कि एसडीएम मनाली और पथ परिवहन निगम केलंग व कुल्लू के क्षेत्रीय प्रबंधक ने मनाली रोहतांग सड़क का जायजा लिया इस दौरान राहला फॉल में हिमखण्ड गिरने से बसें मढ़ी तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है उन्होंने लोगों को सड़क सुधरने तक संयम बरतने की सलाह दी है जियालाल कप्र भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र से विधायक जियालाल कपूर ने चंबा कुल्लू और कांगडा जिले में फंसे पांगी निवासियों को राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से वाया रोहतांग किलाड़ पहुंचाने की सरकार से मांग की है उन्होंने कहा कि घाटी के कई किसान व बागवान लॉकडाउन के कारण बाहरी क्षेत्रों में फंसे हैं और इन दिनों पांगी उपमंडल में कृषि बागवानी का सीजन जोरों पर है ऐसे में उन्हें समय पर घाटी पहुंचाया जाए जियालाल कपूर ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते जम्मू किश्तवाड़ मार्ग से आवाजाही बंद है और साच पास खुलने में भी अभी समय लगेगा कपूर ने दूरभाष के माध्यम से मुख्यमंत्री से बाहरी क्षेत्रों में फंसे लोगों को पांगी पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है कुलदीप पठानिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रदेश सरकार से खाद्यान्न सुरक्षा बिल लागू करने की मांग की है

स्कूल फीस प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बोर्ड से संबंद्वता प्राप्त निजी स्कूलों को मौजूदा समय में विद्यार्थियों से फीस न लेने को कहा है उन्होंने कहा है कि सरकार के निर्देशों के बावजूद ऐसा करने पर स्कूल की संबंद्वता रद्द कर दी जाएगी डी सी ऊना ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले ट्रकों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नही है उन्होंने आज पंडोगा बैरियर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया